राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय और संस्थान नवाचार के केंद्र हाने चाहिए राष्ट्रपति ने कहा कि प्राचीन काल में भारत विश्वस्तर पर शिक्षा का एक सम्मानित केंद्र था तक्षशिला और नालंदा के विश्वविद्यालयों को प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त था लेकिन आज भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों को वैश्विक रैंकिंग में उच्च स्थान प्राप्त नहीं है उन्होंन कहा है कि शैक्षिक संस्थानों को ई लर्निंग ई लाइब्रेरी और अन्य डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने के लिए अच्छे पोर्टल और ऐप विकसित करने चाहिए इस अवसर पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगी उन्होंने कहा कि इस नीति से देश ज्ञान की महाशक्ति बन पाएगा

इस शासनादेश के संबंध में कुछ अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की थी

इस विधेयक में महामारी से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के उपायों को शामिल किया गया है यह विधेयक इस साल अप्रैल में जारी किया गया महामारी संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा विधेयक में स्वास्थ्य सेवा से जूडे कर्मियों को नुकसान पहुंचाने घायल करने या उनके जीवन को खतरे में डालने जैसी गतिविधियों को संज्ञेय अपराध करार देने तथा उन्हें जमानत न देने का भी प्रावधान किया गया है इसके लिए तीन से पांच महीने की जेल की सजा और पचास हजार से दो लाख रूपए तक के ज्रमाने का प्रावधान विधेयक में किया गया है

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने विधेयक पेश किया ऋण शोधन अक्षमता एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति या कंपनी अपने बकाया कर्ज की राशि नहीं चूकाने में असमर्थ हो जाता है विधेयक में संहिता के तहत कंपनी के दिवाला होने की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से निलंबित करने की भी व्यवस्था है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

उन्होंने कहा कि प्रदेश में मृत्युदर काफी कम है और रिकवरी दर अच्छी है मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों में आक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के साथ साथ बैकअप की व्यवस्था भी रहनी चाहिये और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि ऑक्सीजन निर्धारित मूल्य पर ही उपलब्ध हो

मुख्यमंत्री ने बताया कि ई संजीवनी ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही ओपीडी सुविधा काफी कारगर साबित हो रही है ज्यादा से ज्यादा इस सुविधा से लाभान्वित हो सके इसके लिये ई संजीवनी ऐप का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाये

मुख्यमंत्री ने मेडिकल टेस्टिग डोर टू डोर सर्वे तथा कांटैक्ट ट्रेसिंग के कार्य को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश दिये

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है इस समय देश में कोविड से मृत्यूदर केवल एक दशमलव छह एक प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम है प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार से जोड़कर उनकी मदद कर रही है वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा झांसी के जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में एक सौ चार लाभार्थियों को बावन लाख रूपये की वित्तीय मदद प्रदान की गई

हम सोनारी का व्यवसाय करते है

सरकार द्वारा चलाई गई योजना के तहत हमें यह लाभ मिला है जिससे हम अपना व्यवसाय आगे बढ़ा पायेंगे

पहले मैच में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम मुंबई इंडियंस का मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम चेन्नई सूपरकिंग से होगा

आईपीएल क्रिकेट मैच को इस बार सिर्फ टेलीविजन पर देखा जा सकेगा गुहमंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की बे रोकटोक आवाजाही सुनिश्चित करें क्योंकि कोविड रोगियों के उपचार में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका है सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि सरकार को पता चला था कि कुछ राज्य अपने अपने क्षेत्रों में स्थित विनिमाण इकाइयों से ऑक्सीजन की अंतर राज्यीय आपूर्ति पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं